इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती सेवाएं और संसाधन उपलब्ध होंगे इस कोष की राशि वित्तवर्ष के साथ समाप्त नहीं होंगी बल्की यथावत रहेंगी इस राशि का उपयोग आय्ष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य स्रक्षा योजना जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनओं में किया जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य स्रक्षा निधि का संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा

वित्त मंत्रालय के अन्सार इसके साथ ही इस वर्ष इस अन्दान के लिए वित्त आयोग दवारा अन्शंसित राशि शतप्रतिशत जारी कर दी गई पन्द्रहवें वित्त आयोग ने आंध्र प्रदेश असम हिमाचल प्रदेश केरल मणिप्र मेघालय मिजोरम नागालैंड पंजाब सिक्किम तमिलनाड् त्रिप्रा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देने की सिफारिश की थी

आज राज्य सचिवालय ईटानगर में वागवानी पर आयोजित एक बैठक में कृषि मंत्री के अलावा राज्य के बागवानी सचिव विदोल तायेंग और पाप्म पारे जिले के सोनाजुली में स्थित मेगा फुड पार्क के लीड प्रमोटर लिखा माज मौजुद थे इस अवसर पर श्री माज ने राज्य के बागवानी केंद्रों और किसानों के लिए कृषि मंत्री को पचास हजार ललित किस्म के अमरुद के पौधे प्रदान किए श्री तागे ताकी ने कहा कि राज्य में फ्ड प्रोसेसिंग पर आधारित लघ् उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें वैज्ञानिक पद्वति से कृषि और बागवानी के लिए जरुरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है

पासीघाट में कोविड का टीका लगवाने के बाद अरूणाचल प्रदेश प्लिस के एके रॉय और रिटायर्ड नर्स बीपरमे ने ख्शी का इजहार करते हए राज्य के लोगों से टीका लगवाने की अपील की

पहले बैच में तिरप चांगलांग और सियांग जिले के कम्यूनिटी वालंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें आज प्रशिक्षण प्रा होने पर प्रमाण पत्र दिया गया इस अवसर पर आपदा प्रबंधन विभाग के सहायक निदेशक दोरजी खाण्ड्र और राज्य आपदा मोचक बल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर टीएसगामसिंग मौजूद थे राज्य में प्रभारी तरीके से भूकंप बाढ़ आग द्र्घटना भूस्खलन सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य स्तरीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कम्यूनिटी वालंटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है वालंटियर्स ने प्रशिक्षण प्रा होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हए कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में योगदान के अलावा वे स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन के विषय में जागरुक करेंगे

उन्होंने प्रदेश के लोगों से कोविड वैक्सीनेशन कराने की अपील की ताकि रेल सेवाओं को जल्द श्रू किया जा सके श्री तारक ने बताया कि नाहरलग्न ईटानगर गोहप्र म्रकोंगसेलेक पासीघाट भालुकपोंग तवांग और लिकाबाली आलो रेल परियोजना के लिए सर्वे जारी है

इस चरण में कुल दो सौ तिरासी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है भाजपा उम्मीदवार और असम के म्ख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल माजुली विधान सभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इसके अलावा नामांकन दाख़िल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रिप्न बोरा और असम गणपरिषद के अध्यक्ष अत्ल बोरा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं इस बीच असम द्सरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं इस चरण में उनतालीस सीटों पर एक अप्रैल को मतदान होगा

नाबार्ड द्वारा प्रायोजित इस पंद्रह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीस महिलाओं के अलावा विदयालय की छात्राएं भी हिस्सा ले रही हैं